सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इसे मिलाकर देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढकर एक करोड पचास लाख से अधिक हो गई है

प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान राज्य के बीस जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से अब से कुछ देर पहले सम्पन्न हो गया

आज लखनऊ वाराणसी आजमगढ इटावा चित्रकट बागपत मजफ्फरनगर गौतम बुद्धनगर बिजनौर अमरोहा बदायू एटा मैनपुरी कन्नौज ललितपुर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर लखीमपुर खीरी गोंडा और महाराजगंज में वोट डाले गये राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया था प्रदेश पंचायत चुनाव चार चरणों में कराया जा रहा है

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिये संकल्पित है कोविड के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिये सभी जरूरी प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार समी जरूरतमंदों को राशन और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करायेगी श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगो की सूची अपडेट करने तथा उन्हें राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही अन्योदय सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी

वे टोल फ्री नंबर एक आठ शन्य शन्य एक एक सात आठ शन्य शन्य पर भी प्रघानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइन बाईस अप्रैल तक खुली रहेंगी लोग एक नीं दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहचा सकते हैं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जानना चाहिए

श्री राम बल्लाभाकृंज मंदिर के अधिकारी महत राज कुमार दास सहित सभी संतों ने साफ कहा है कि कोरोनावायरस का संक्रमण रोकने के लिए यह आवश्यक बन पड़ा है कि अयोध्या में भीड़ ना एकत्र हो केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में डबल म्यूटेशन कोविड संक्रमण प्रे विश्व को चिंतित कर रहा है पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह का डबल म्यूटेशन संक्रमण कई अन्य देशों में भी पाया गया है पीलीमीत जनपद में पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे गोपाल कृष्ण सक्सेना का आज सुबह बरेली के अस्पताल में निधन हो गया

एडमिट कराया गया था